प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज मनाया जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक डे

न्यायमूर्ति सी एस सिंह ने बोर्ड अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुये कहा कि यदि आप हमारा आदेश नहीं समझते हैं तो पद पर रहने के लायक नहीं हैं न्यायालय ने सुनवाई के दौरान बोर्ड अध्यक्ष की ओर से दायर जवाब पर हैरानी जताते हुये कहा कि इस जवाब से लगता है कि जान बूझकर अदालत के आदेश को नहीं माना जा रहा है इस मामले में अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व में पांच स्कूलों का संबंद्वन बहाल करने का आदेश दिया था जिसका अनुपालन बोर्ड द्वारा नहीं किया गया मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संपत्तियों की जांच आयकर विभाग करेगा बिहार और झारखण्ड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के सी घुमरिया ने बताया कि विभाग के अन्वेषण ब्यूरो को ब्रजेश ठाकूर की संपत्तियों की जांच पंद्रह दिनों के भीतर पूरी कर लेने को कहा गया है उन्होंने बताया कि ब्रजेश ठाकुर के सभी एनजीओ और ट्रस्ट के साथ साथ उसके सलाना रिटर्न और नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में जमा राशि की भी जांच की जायेगी इधर इस मामले में गिरफ्तार बाल संरक्षण इकाई की पूर्व सहायक निदेशक रोजी रानी समेत तीन अन्य आरोपितों की रिमांड अवधि तीन दिनों के लिये बढ़ा दी गयी है पूर्णिया बालिका गृह में लड़कियों के साथ दुराचार का मामला सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग ने जिले के एसपी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने एक अखबार में इस संबंध में छपी खबर को संज्ञान में लेते हुये इस मामले में अविलंब कानूनी कार्रवाई करते हुये दस दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश एसपी को दिया है वहीं जिले के बाल सुधार ग्रह में पिछले दिनों दो लोगों की हुयी हत्या के मामले में आरोपित दोनों किशोरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाया जा रहा है पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के दो साल पूरे होने पर यह आयोजन किया जा रहा है इसका मकसद स्कूली बच्चों को भारतीय सैनिकों की वीरता से परिचित कराना है सैन्यकर्मियों के अनुभव को बच्चों के साथ बांटने के लिये किसी पूर्व सैन्य अधिकारी या कर्मचारी को स्कूल बुलाकर बच्चों के साथ उनका संवाद करवाया जा रहा है इधर पटना में दानाप्र स्थित सेना के छावनी क्षेत्र में सैन्य बलों के साहस और पराक्रम को दर्शाने के लिये आज भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आज सुबह सेना बैंड ने आकर्षक धुन की प्रस्तुति दी अब से थोड़ी देर बाद सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो का प्रदर्शन किया जायेगा दिन के सवा नौ बजे से साढ़े दस बजे तक स्कूली बच्चों और आम लोगों के लिये हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है दरभंगा एयरपोर्ट अगले साल मई महीने से काम करने लगेगा इसके लिये रनवे पुनर्निर्माण की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है संवेदक एजेंसी को छह महीने के भीतर रनवे का पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया गया है अभी दरभंगा एयरपोर्ट वायुसेना का बेस स्टेशन है जहां से नागरिक उड़ान सेवा शुरू की जा रही है सूत्रों ने बताया कि उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा से पहले चरण में दिल्ली और बेंगलुरू के लिये हवाई सेवा शुरू होगी इसके लिये एक निजी कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अलकतरा घोटाले मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के लिये वे सीबीआई को पत्र लिखेंगे पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि इलियास हुसैन के खिलाफ दस मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुआ है अभी उन्हें सिर्फ एक मामले में सजा हुयी है उन्होंने इलियास हुसैन को राजद से निकाले जाने की भी मांग की जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से संगठन को निचले स्तर तक मजबूत बनाने को कहा है पटना में युवा जदयू नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुये श्री कुमार ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण में बिहार अग्रणी भूमिका निभायेगा श्री टंडन पटना में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर राज्यपाल ने बारह छात्राओं समेत सत्रह को स्वर्ण पदक प्रदान किये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पांच साल से कम अंशदान देने वाले अंशधारकों को पीएफ खाते से पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है ऐसा नहीं करने वाले अंशधारकों को अग्रिम और अंतिम भुगतान नहीं दिया जायेगा साथ ही जिन खातों में उत्तराधिकारी का नाम नहीं है उन्हें भी अंतिम भुगतान नहीं मिलेगा आयुष्मान भारत योजना के तहत पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को भी सूचीबद्ध किया गया है अस्पताल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मॉडल रिकॉर्ड विभाग में योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिये दो कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से डीजल अनुदान के लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द सत्यापन कराने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने अधिकारियों को किसान सम्मान योजना के बारे में भी व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा भोजपुर जिले के आयर थाना क्षेत्र के भेड़री गांव में करंट लगने से एक किशोरी की हुयी मौत से आक्रोशित लोगों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया जिसमें दो पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आयी हैं वहीं गोपालगंज जिले के बरौली थाने के सोनबरसा गांव में सड़क जाम हटाने गयी पुलिस पर लोगों द्वारा किये गये पथराव में तीन थानाध्यक्ष समेत ग्यारह पुलिसकर्मी घायल हो गये दूसरी तरफ सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पुल पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अज्ञात लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया इस घटना में पुलिस जीप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले साल होने वाली इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिये होम सेंटर की व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया है बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह जानकारी दी विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की क्रिकेट टीम ने अरूणाचल प्रदेश को पांच विकेट से पराजित कर दिया है यह पांच मैचों में बिहार की चौथी जीत है एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट तरंग का ओवर ऑल खिताब भागलपुर ने जीत लिया है वहीं सिवान की टीम दूसरे और औरंगाबाद की टीम तीसरे स्थान पर रही रोहतास जिला पुलिस ने एक विचाराधीन कैदी को न्यायालय परिसर से फरार कराने की योजना बना रहे अंतर जिला गिरोह के चार अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं को प्रवेश का हक सुप्रीम कोर्ट ने कहा लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है दैनिक जागरण ने लिखा है मुंगेर में कुएं से बारह एके सैंतालीस बरामद दैनिक भास्कर की सुर्खी है आनंद किशोर पर अवमानना का केस चलाने का आदेश हाई कोर्ट ने कहा बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हमारा आदेश नहीं समझते तो पद पर रहने लायक नहीं प्रभात खबर ने लिखा है विशेश्वर ओझा हत्या कांड के मुख्य गवाह को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला राष्ट्रीय सहारा सुर्खी है मोदी के चक्कर में तारिक ने छोड़ी एनसीपी आज ने एशिया कप में भारत की जीत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है अंतिम गेंद पर चैंपियन बना भारत

प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज मनाया जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक डे